प्रदेश में भी होली की रंगत है झालावाड़ में झालरापाटन के द्वारकाधीश मंदिर में फागोत्सव मनाया गया और कोविड गाइड लाइन की पालना करते हुए होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कोरोना के चलते जालौर में होली का पर्व सादगी से मनाया गया टोंक में इस बार रौनक कम दिखाई दे रही है बीकानेर में सुबह से ही विशेष उत्साह देखा जा रहा है कोरोना को देखते हुए लोग तिलक होली खेल रहे हैं श्रीगंगानगर और सवाई माधोपुर में भी हर्षोउल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश और प्रदेशवासियों को होली की शुभकानाएं दी हैं अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास प्रसन्नता और आशा का संचार करता है राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत करेगा जो कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि आनंद उमंग हर्ष और उल्लास का यह पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नये जोश का संचार करें चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि इस वर्ष परिस्थितियां विषम हैं इसलिए सामाजिक दूरी और मास्क के साथ सुरक्षित रूप से त्यौहार मनाएं पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने अधिकारियों और जवानों को होली की श्भकामनाएं दी है साथ ही शहर वासियों से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए घरों में ही त्यौहार मनाने की अपील की है

इसके साथ ही छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर स्थित जयपुर मेट्रो कला दीर्घा पर्यटकों के लिए बंद रहेगी

चार जिलों झुंझुनूं जैसलमेर हनुमानगढ़ और बाड़मेर में संकमण का कोई भी नया मामला नहीं भिला

भारत ने रिकॉर्ड समय में छह करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है

प्रवेश संबंधी विवरण विद्यालय की वेबसाइट और एंड्रोएड मोबाइल एप के जरिये प्राप्त किया जा सकता है